राजधानी रांची में आज से मास्क टेस्ट ड्राइव अभियान

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों में जमीन का विशिष्ट पहचान नंबर सृजित करने का लिया निर्णय ग्यारहवीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड और हरियाणा के बीच होगा फाइनल मुकाबला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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में श्री मोदी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि देश के कुछ राज्यों में कोविड मामलों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो रही है

उन्होंने कहा कि अगर हम इस बढ़ती महामारी को यहीं नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए माइक्रो यानी बहत छोटे पैमाने पर कंटेंनमेंट जोन बनाए जाने की आवश्यकता है इस कम में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि कोविड महामारी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सावधानी बरतने और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है इधर राजधानी रांची में आज से मास्क टेस्ट इाइव चलाया जायेगा लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूला जायेगा

मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र पंजाब कर्नाटक गुजरात और तमिलनाड् में दैनिक मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है इधर झारखंड में भी टीकाकरण जारी है

विधानसभा में कल महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य सरकार गरीब असहाय महिलाओं बच्चों की सामाजिक सुरक्षा पोषण सुरक्षा आदि देने के लिए संकल्पित है

अगले तीन साल में तीन से छह साल के बच्चों व उनकी माताओं को पौष्टिक आहार दिया जायेगा

मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत और सेवानिवृत्त सेविका सहायिकाओं को सुविधाएं देने पर सरकार विचार कर रही है विधानसभा में कल मंत्री मिथिलेश ठाक्र ने कहा कि झारखंड में अब नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी वे भाजपा विधायक भानू प्रताप शाही के सवाल का उत्तर दे रहे थे मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार की नियमावली की खामियों को दूर करने के लिए सरकार नई नियमावली बना रही है इसी के आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी भाजपा विधायक भानू प्रताप शाही ने सरकार से पास शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की मांग की जवाब में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जेटेट एक पात्रता परीक्षा है केवल इसके आधार पर नियुक्ति नहीं होती है इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है यह प्रक्रियाधीन है इसे बन जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी वहीं विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर में शराब दुकानों की बंदोबस्ती अवैध जमीन पर किये जाने का मामला उठाया इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकर ने वर्मा माइंस इलाके की तीन द्कानों का लाइसेंस रद्द करने की बात कही भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर खूंटी में नर्सिंग इंस्टीट्यूट की छात्राओं के साथ हए दुर्वयवहार पर कार्रवाई के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया इस अवसर पर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि खूंटी स्थित होरा एनजीओ के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासी छात्राओं को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है

राज्य सरकार सभी जिलों के मौजा के अंतर्गत पड़ने वाली जमीन का विशिष्ट पहचान नंबर तैयार करेगी

इस नंबर के सुजित हो जाने के बाद जमीन की अपनी पहचान होगी और भूमि विवाद के मामले में कमी आयेगी सरकार ने यह निर्णय ओरमांझी अंचल में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद लिया है

इसके बनने से जमीन के सभी रिकार्ड डिजिटल रूप में संरक्षित एवं संधारित हो जायेंगे विभाग ने भू अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कर पहले ही ऑनलाइन दाखिल खारिज की सुविधा उपलब्ध करा दी है लेकिन ऑनलाइन की समस्या के निराकरण के लिए नये सिरे सॉफ्टेवयर भी बनाये जायेंगे

यह राशि मजदूरी भुगतान के लिए आठवीं किस्त के रूप में दी गयी है केंद्र ने खर्च की गयी राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने को कहा है यह भी कहा है कि किसी भी कारण से दोबारा भुगतान न हो इसे सुनिश्चित किया जाये

पाकृड जिले में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को खिलौना कारोबार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी है राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने पूरे देश में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए अनिवार्य रूप से कार्यस्थल पर ही आवास एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने मांग की है श्री पोददार ने कल राज्यसभा में शून्यकाल के तहत यह मांग की उन्होंने कहा कि अब ऐसी आधुनिक तकनीक व्यवहार में आ गयी है जिससे कुछ घंटों में ही कहीं भी सुविधाजनक अस्थायी आवास तैयार किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान समाज की बहुत सारी कमियां उभरकर सामने आयीं थी उनमें से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के माइग्रेशन का मुद्दा प्रमुख था यदि उनका रहन सहन अच्छा होता तो वो पलायन करने को मजबूर नहीं होते केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि मानव तस्करी के शिकार हुए बच्चों के लिए भी उज्ज्वला योजना लागू है लोकसभा में रांची सांसद संजय सेठ के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से पीड़ितों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है वहीं सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार से रांची में मेट्रो रेल चलाने का आग्रह किया ग्यारहवीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान झारखंड और हरियाणा के बीच होगा कल सेमीफाइनल मुकाबलों में झारखंड और हरियाणा की टीम ने अपने अपने मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया पहले सेमीफाइनल मैच में हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को दस गोल से हराया उत्तर प्रदेश कोई गोल नहीं कर सकी

विधायक सविता महतो के नेतृत्व में कल भानुमति नीलकंठन अवार्ड्स संस्था के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की उन्होंने श्री सोरेन को जमशेदपुर में सीनियर सिटीजन होम बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गोड्डा जिले के पुलिस अधीक्षक वाईएसएस रमेश ने मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस पदाधिकारियों को होली को लेकर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है

दैनिक भास्कर ने लिखा है रांची में बढ़ेगी सख्ती मास्क नहीं पहना तो आज से लगेगा जुर्माना प्रधानमंत्री का आग्रह अभी नहीं रोका तो बेकाबू हो जायेगा कोरोना शीर्षक से दैनिक जागरण ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के छब्बीस खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है

रांची एक्सप्रेस ने कोरोना मामले में प्रधानमंत्री के संदेश दवाई भी कड़ाई भी के पालन की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है